सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अभी इस महामारी की कोई वैकसीन और उपचार उपलब्ध नहीं है इसलिए मास्क लगाना सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ धोना ही इससे सुरक्षा के उपाय हैं उन्होंने कहा कि यह अभियान पोस्टर बैनर और सोशल मीडिया के जरिए चलाया जाएगा बिकम सिंह परिवहन मंत्री बिकम सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान को जनअभियान बनाया जाएगा शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सड़क द्र्घटनाओं को रोकने को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा

उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स ठीक करने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के संबंध में बच्चों को जागरूक करने के लिए विद्यालयों में पाठ भी पढ़ाए जाएंगे वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने चंबा ज़िले के राजपूरा में एक करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले ई किसान भवन की आज आधारशिला रखी इस मौके पर उन्होंने किसानों से जैविक खेती को अपनाने का आहवान किया है

वीरेंद्र कंवर ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा प्रोटोकॉल प्रदेश सरकार ने अटल टनल रोहतांग के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनज़र सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया एक सरकारी प्रवक्ता से अनुसार कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का कोविड टैस्ट किया गया और कोविड नेगेटिव लोगों को ही कार्यकम में शामिल होने की अनुमति दी गई उन्होंने कहा कि संक्रमित पाए गए लोगों को मानक संचालन की प्रकिया के अंतर्गत पृथक किया गया अटल टनल इस बीच अटल टनल रोहतांग के अंदर अनावाश्यक स्टॉपेज ऑवरस्पीड रैश ड्राइविंग व गलत तरीके से ओवरटेकिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है इस संबंध में कल्ल की उपायक्त ऋचा वर्मा ने आज एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्दाज आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं

शिमला से जारी एक बयान में भारद्वाज ने कहा कि उनके बड़े बेटे को संकभित पाए जाने संबंधी सूचनाएं गलत है उनकी धर्मपत्नी व छोटा बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर कोरोना से निपटने में विफल रहने का अरोप लगाया है आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में व्यवस्था चरमरा गई हैं और अस्पतालों की हालत भी दयनीय है उन्होंने सरकार से कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर कोरोना के दौरान बस किराये में बढ़ौतरी व राशन मंहगा करने का भी आरोप लगाया